धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय दशहरा उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में बिकम ठाकुर ने कल ये बात कही

बिकम ठाकुर ने इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों को अवलोकन भी किया दूरसंचार केंद्र सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को अपनी सेवाएं बंद करने से तीस दिन पहले उपभोक्ताओं को सूचित करना जरूरी बताया है दूरसंचार प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया है कि सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा अचानक अपनी सेवाएं बंद करने की घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है

उपायुक्त संदीप कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए सहायता दलों के सदस्य भी भेड़ पालकों के साथ हैं उन्होंने बताया कि इनमें से चार डेरे अपनी भेड़ बकरियों के साथ राजगुंधा जबकि दस डेरे पनारटू पहुंच गए हैं गौरतलब है कि प्रशासन ने बर्फबारी में फंसे भेड़ पालकों की सहायता के लिए तीन दल भेजे थे नवरात्र शारदीय नवरात्रों के नौवें दिन आज मां दुर्गा के नौवें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है नवरात्र पर्व पर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और सभी शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और धार्मिक कार्यक्रमों से वातावरण प्ररी तरह भक्तिमय बना हुआ है

राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव संदीप नेगी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने इस संबंध में प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर सहित अन्य सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों को सूचित किया है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर निगम और बोर्डो में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने संचित्र प्रकाशित किया है

अमर उजाला का शीर्षक है नवरात्र में तोहफा पूर्व मंत्री प्रवीण हिमुडा विजय अग्निहोत्री एचआरटीसी उपाध्यक्ष बनाए दैनिक भास्कर के शब्द हैं भाजपा ने एक बोर्ड के अध्यक्ष और नौ बोर्डो व निगमों के उपाध्यक्षों को नियुक्त किया दिव्य हिमाचल के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बोर्ड निगमों में खोला ताजपोशी का पिटारा दैनिक जागरण के शब्द हैं नवरात्र में दस नेताओं को मिला सत्ता का प्रसाद हिमाचल दस्तक के मुताबिक अष्टमी पर खुली दस नेताओं की लॉटरी

जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का बढ़ेगा दायरा सहकारी बैंकों में भी आयोग के तहत होगी भर्तियां

दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के लगभग एक जैसे शब्द हैं केलंग में बनेगा देश का पहला सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन गौरव पट्ट पर नाम लिखवाने को देने होंगे पांच हजार रूपये शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है मेरे स्कूल से निकले मोती योजना में नई शर्त जोड़ी सरकार ने

अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय प्रदेश के प्रदूषित शहर में लिखा है कि पर्यावरण बचाना और अपने आस पास की हवा को साफ रखना सरकार और प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह हम सभी की भी जिम्मेवारी है